वाराणसी में कल तीन हजार तीन सौ करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास सेना ने कहा पुलवामा आतंकी हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद के शीर्ष नेता को सौ घंटे से भी कम समय में किया ढेर प्रयागराज कुंभ में माधी पूर्णिमा के अवसर पर कल एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक श्रद्वालुओं ने पवित्र संगम में किया स्नान प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटो के दौरान विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में हुई पच्चीस लोगों की मौत कई अन्य घायल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि न्यू इंडिया के निर्माण के लिए पूर्ण बहुमत और मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है वाराणसी के औढे गांव में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि सरकार अपने बहुमत के बल पर ही देश के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा दे रही है उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होगा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 प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल स्वास्थ्य रेल सड़क स्वच्छता सौन्दर्यीकरण डेयरी पयर्टन अनुसंधान सहित तीन हजार तीन सौ करोड़ रूपये की लागत से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर संत रविदास की जन्मस्थली में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को जाति धर्म और अन्य कारकों से ऊपर उठकर सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए संत रविदास जी कहते हैं ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न छोट बड़ो सब सम बसें रैदास रहे प्रसन्न यानि गुरूजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी मेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाये केन्द्र की सरकार बीते साढ़े चार वर्ष से इसी भावना को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारने की भरसक कोशिश कर रही है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 हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी तकनीकी पर आधारित मेक इन इंडिया के तहत डीजल से इलैक्ट्रिक में प्रविष्ट किये गए पहले दस हजार हॉर्त पावर के लोकोमोटो इंजन का लोकार्पण किया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

मनोज त्रिपाठी के साथ एम एस यादव आकाशवाणी समाचार वाराणसी सेना ने कहा है कि पुलवामा में सी आर पी एफ काफिले पर आतंकी हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद के बड़े सरगना को सौ घंटे से भी कम समय में उसने मार गिराया है कल श्रीनगर में पन्द्रहवीं कोर के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में लेफ्टिनेंट जनरल के एस ढिल्लों ने कहा कि इस हमले में जैश ए मोहम्मद का हाथ है जिसका सरगना पाकिस्तान में है जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और आईएसआई कंट्रोल कर रही है और जैस ए मोहम्मद का रीलिज भी देखा होगा उन्होंने ये कवूला भी है कि उनके चीफ आपरेशन्स कमांडो जो है इस हमले में मारा गया है

इसमें किसी को कोई शक नहीं है श्री ढिल्लों ने घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बच्चों के अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों से कहें कि वे आत्मसमर्पण करें केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और महिला तथा बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कल नई दिल्ली में नागरिक सुरक्षा के लिए कई पहल की है इनमें सोलह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपात कार्रवाई सहायता शामिल हैं इन राज्यों में उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया गया है महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई इस प्रणाली के तहत मुसीबत में फंसा व्यक्ति एक एक दो नम्बर पर डायल कर सकता है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 प्रयागराज कुंभ में माधी पूर्णिमा के अवसर पर कल एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक श्रद्वालुओं और कल्पवासियों ने पवित्र संगम में स्नान किया कुंभ में माधी पूर्णिमा पर पर्व स्नान करने आये श्रद्वालुओं की सुविधा के लिये चालीस घाट तैयार किये गये थे

प्रदेश भर में कल संत रविदास जयंती श्रद्वा और भक्ति के साथ मनाई गयी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 गोरखपुर जिले के अलवापुर स्थित संत रविदास मंदिर में विशेष प्रार्थनासभा का आयोजन किया गया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

नई दिल्ली में श्री नकवी नवगठित केन्द्रीय वक्फ परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में सातवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में तेरह फोटोग्राफरों को प्रदान किए जाने माने लैंडस्केप फोटोग्राफर अशोक दिलवाली को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और एस एल संतकुमार को पेशेवर श्रेणी में पुरस्कार दिया गया प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान हुई विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में पच्चीस लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये हैं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 वहीं कानपुर में हुई एक अन्य सड़क दुर्घटना में पश्चिम बंगाल में तैनात आईपीएस अधिकारी के परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई यह घटना घाटमपुर क्षेत्र में कानपुर सागर हाईवे पर उस समय हुई जब एक ट्रक ने कार में पीछे से टक्कर मार दी